हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने आज नई दिल्ली में प्रदेश से चुने गए सांसदों से मुलाकात की

श्री नरेन्द्र मोदी का दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनना तय हो गया है भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल तथा एनडीए के नवनिर्वाचित सांसदों ने सर्वसम्मति से सदन का नेता चुना भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने पहले भाजपा संसदीय दल की तरफ से श्री मोदी का नाम प्रस्तावित किया तथा भूतपूर्व अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने उनके नाम का समर्थन किया एनडीए की तरफ से पंजाब के भूतपूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने सदन के नेता के तौर पर श्री मोदी के नाम का प्रस्ताव रखा तथा एनडीए के वरिष्ठ नेता नीतिश कुमार लोक जन शक्ति पार्टी के नेता राम बिलास पासवान ने इस प्रस्तावका समर्थन किया भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए के नवनिर्वाचित सांसदों की बैठक नई दिल्ली स्थित संसद के केन्द्रीय कक्ष में हो रही है इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को एनडीए का नेता चुना गया

आजादी के बाद ये पहली बार है जब केन्द्र में लगातार दूसरी बार गैर कांग्रेसी सरकार बन रही है राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने सोलहवीं लोकसभा भंग कर दी है कल हुई मंत्री परिषद की बैठक में राष्ट्रपति को तुरंत प्रभाव से सदन भंग करने की सिफारिश की गई थी राष्ट्रपति भवन से जारी एक विज्ञप्ति में बताया गया कि राष्ट्रपति ने मंत्री परिषद की सिफारिष मान ली है उधर मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद को मिले तथा लोकसभा उम्मीदवारों की सूची उन्हें सोंपी आयोग की ओर से लोकसभा के नये चुने गए सदस्यों के नामों की अधिसूचना के बाद नई सरकार का गठन हो जाएगा

आज हरियाणा भवन नई दिल्ली में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा से नवनिर्वाचित दसों भाजपा सांसदों से मुलाकात की इस अवसर पर कलराज मिश्र व विश्वास सारण भी मौजूद थे

राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सोंपने के बाद एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि उनका यह कार्यकाल बड़ी शानो शौकत के साथ समाप्त हुआ है और उनके द्वारा किए गए कार्य करोड़ों लोगों के जीवन को प्रकाशमान करेंगे उन्होंने कहा कि अब वह नई सुबह का इंतजार कर रहे हैं आज नई दिल्ली में कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक पार्टी मुख्यालय पर हुई बैठक में कांग्रेस के शीर्श नेताओं ने लोक सभा चुनावों में पार्टी की हार के कारणों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की पार्टी अध्यक्ष राहल गांधी यूपीए अध्यक्षा सोनिया गांधी तथा भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं ने बैठक में भाग लिया

हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा कल रविवार को सभी जिलों में नायब तहसीलदार के पदो के लिए लिखित परीक्षा के आयोजन के लिए कड़े प्रबंधन किए गए हैं आज विभिन्न जिलों के उपायुक्तों ने अधिकारियों को आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये

आयोग द्वारा जरी हिदायतों के अनुसार केन्द्र अधीक्षक परीक्षा कक्ष में दीवार घड़र लगवाना सुनिश्चित करेंगे तथा सभी परीक्षार्थियों की बायोमीट्रिक हाजिरी भी लगेगी परीक्षा के लिए आने वाले परीक्षार्थी कक्षा में अपने साथ पैन कार्ड एडमिट कार्ड तथा मूल प्रमाण पत्र साथ लेकर जा सकते हैं परीक्षा के दौरान मोबाईल फोन कड़ा चेन बैल्ट इलेक्ट्रानिक उपकरण ले जाने की अनुमति नहीं होगी परीक्षार्थी धार्मिक चिन्ह के रूप में मंगलसूत्र कृपाण अंदर ले जा सकता है उसके लिए ऐसे परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में एक घंटा पहले पहुंचना होगा

सुरक्षा की दृष्टि से प्रत्येक केन्द्र पर पुलिस बल तैनात रहेगा सहकारिता राज्य मंत्री मनीष ग्रोवर ने कहा कि विपक्ष का सुपड़ा साफ हो गया है इसलिए सरकार की जिम्मेदारी और बढ़ गई है उन्होंने सबका साथ सबका विकास की नीति पर केन्द्र व प्रदेश सरकार काम कर रही है और विकास का पहिया निरंतर जारी रहेगा

भाजपा सरकार की नीतियों पर जनता ने विश्वास जताया है जिसे पार्टी कायम रखेगी

दाखिलों के लिए मेरिट सुची भी विभाग की तरफ से ऑनलाईन ही जारी की जाएगी दाखिले की सूचना छात्राओं द्वारा पंजीकृत करवाऐं गए मोबाईल नम्बर पर एसएमएस के माध्यम से दी जाएगी इसलिए ऑनलाईन आवेदन के समय ही सभी छात्राओं को अपने मोबाईल नम्बर भी दर्ज करवाने होंगे करनाल को प्लास्टिक व पॉलीथीन कचरे से निजात दिलाने के लिए नगर निगम ने योजना बना ली है राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशों की अनुपालना करते हुए नगर निगम ने पॉलीथीन प्रद्षण से निपटने के प्रयास शुरू कर दिये हैं तथा पालीथीन प्लास्टिक व थर्मोकोल डिस्पोसल को पूर्णतः बैन करते हुए बायोग्रेडेबल व कांपोस्टेबल पॉलीथीन कैरी बैग को लागू करने का निर्णय लिया गया है नगर निगम के उपायुक्त धीरज कुमार ने बताया कि इस बैग की खासियत यह है कि यह नाले व नालियों में जाकर पांच दिन के खुद ही नष्ट हो जायेगा

सैकेंडरी व सीनियर सैकेंडरी की जुलाई में होने वाली पूरक परीक्षा क लिए ऑनलाईन आवेदन आज से शुरू हो गए हैं